प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धासुमन अर्पित किए उन्होंने इस अवसर पर मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और एकता दिवस परेड का निरीक्षण भी किया इधर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं शिमला में आयोजित रन फॉर यूनिटी दौड़को शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने झण्डी दिखाकर रवाना किया

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ावा देने के लक्ष्य से विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रहने वाले अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के बीच आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है

यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान को पहचानने तथा भारत को मजबूत व एकजुट बनाने के लिए दिया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्वांजलि दी इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्दासुमन अर्पित करेंगे कृमि दिवस राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कल प्रदेश के स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को एल्बेंडाजोल व विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने इन्वेस्टर मीट से जुड़ी खबर को अलग अलग शीर्षक से प्रकाशित किया है दिव्य हिमाचल का शीर्षक है सात उद्योगपतियों को मिलेगा प्रधानमंत्री से संवाद का मौका दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है उद्यमियों से होगा सीधा संवाद

आपका फैसला का कहना है उद्यमियों की सुविधा के लिए हरसंभव प्रयास होंगे छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक निलंबित छिनेंगे पुरस्कार अमर उजाला की एक खबर है

दैनिक जागरण ने लिखा है यौन उत्पीड़न का आरोपित शिक्षक सस्पेंड

दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं राजनीति को बनाएं समाज सेवा की सीढ़ी दोहरा लाभ कमाएं अनुराग के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच बंद अमर उजाला की एक खबर है इसी पत्र के अनुसार केसीसी बैंक लोन गड़बड़झाले में अभियोजन मंजूरी पर फंसा पेच पंचायतों के पुनर्गठन से जुड़ी खबर को दैनिक सवेरा टाइम्स ने शीर्षक दिया है जनसंख्या व भौगोलिक आधार पर होगा पंचायतों का पुनर्गठन हिमाचल दस्तक के शब्द हैं अगले चुनाव से पहले पंचायतों का होगा पुनर्गठन मौसम से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है पारा लुढ़कने से जाम होने लगी कई झीलें

जुर्माने में कुछ कटौती के साथ हिमाचल में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने की तैयारी शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है कैबिनेट बैठक में ही एक्ट लागू करने पर होगा आखिरी फैसला